राज्य के सभी जिलों में रही गणतंत्र दिवस की धूम केलंग में कड़ाके की ठंड के बीच समारोह आयोजित

प्रदेश के अधिकतर भागों में आज थमा रहा वर्षा बर्फबारी का दौर सड़कों को खोलने का काम जारी

राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहीं इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलो के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए

समारोह में ऊना के सांस्कृतिक दल ने पहला एनजैडसीसी राजस्थान ने दूसरा जबकि योगा प्रदर्शन दल ने तीसरा स्थान हासिल किया राज्यपाल ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अनेक अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे मंडी समारोह मंडी के सेरी मंच पर गणतंत्र दिवस समारोह की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अध्यक्षता की उन्होंने आकर्षक मार्चपास्ट से सलामी ली और लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी बिंदल ने कहा कि राज्य के वीर सैनिक देश की सुरक्षा में अपना अहम् योगदान दे रहे हैं और सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल ईमानदार प्रयासों के साथ सुशासन सेवा और विकास को समर्पित रहा है और अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं इस अवसर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों और कर्मचारियों को सम्मनित भी किया गया सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे

उन्होंने पुलिस होमगार्ड एनसीसी और एनएसएस द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली

किशन कपूर ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया और कहा कि सरकार ने युवाओं के स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर कदम उठाए हैं उन्होंने खेल गतिविधियों स्वच्छता और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए ऊना समारोह ऊना में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण आज हमारा देश न केवल स्वतंत्र बल्कि एक मज़बूत गणराज्य के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा है सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार वचनबद्ध है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी समारोह में मौजूद रहे सोलन समारोह सोलन में ज़िला स्तरीय समारोह की कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को जहर मुक्त अन्न उत्पादित करने वाला राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है

सांसद वीरेन्द्र कश्यप के अलावा अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे बिलासपुर समारोह बिलासपुर में हुए समारोह में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि आज का दिन उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी और रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुड़िया हैल्पलाईन और शक्ति बटन ऐप की शुरूआत कर महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं

इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों व स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए हमीरपुर समारोह हमीरपुर में हुए समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट से सलामी ली

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार ने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया है और युवाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार व खेलों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हमीरपुर में शहीद स्मारक के निर्माण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे कांगडा समारोह धर्मशाला में ज़िलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों सैनिकों पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए सरकार कृतसंकल्प है वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पौधरोपण व उनके संरक्षण में समुदाय की भागीदारी तय करने पर जोर दे रही है

इसके अलावा ये भी तय किया जा रहा है कि जो भी पौधे लगाए जाएं उनकी सुरक्षा भी हो गोविंद ठाकुर ने धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी नाहन समारोह सिरमौर ज़िला मुख्यालय नाहन में हुए समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने का आहवान किया

इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए चंबा समारोह चंबा में ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्रमधाम से मनाया गया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और शहीद वीर जवानों को याद किया

केलंग किन्नौर जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठंड के बावजूद गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया एसडीएम अमर नेगी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली

इस अवसर पर उन्होंने देश के विकास के लिए प्रदेश के लोगों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी गणतंत्र दिवस की ध्रम रही कार्यवाहक उपायुक्त अवनिन्द्र कुमार ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए अन्य समारोह इधर शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर देश के लिए शहीदों के योगदान को याद किया उच्च न्यायालय परिसर में हुए समारोह में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल परिसर में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी के शर्मा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली चम्बा के पांगी मुख्यालय किलाड़ में नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की एट होम इस बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला स्थित राजभवन में आज एट होम का आयोजन किया इसमें लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं समारोह में राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश व प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का एक अवसर पर है उन्होंने कहा कि ईमानदारी और समर्पण की भावना से देश की सेवा करना सभी का दायित्व है और समाज की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली जानी चाहिए समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं और शीतलहर लगातार जारी है बर्फबारी का दौर थमने के बाद विभिन्न जिलों में अवरूद्व हुए मार्गो को खोलने का कार्य लगातार जारी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार किन्नौर जिले के अधिकतर भागों में विद्युत आपूर्ति बाधित है जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हाल ही में बर्फबारी के बाद जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे बना हुआ है